मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी की दूसरी कड़ी में प्रदेशवासियों से छत्तीसगढ को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए सहयोग का आहवान किया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आज प्रदेश में किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने डिजिटल नवसाक्षरों को आखर सम्मान प्रदान किया प्रदेश में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि आगामी चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश जावड़ेकर सौ दिन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में जम्मू कश्मीर और आर्थिक मामलों सहित अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जी सात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे अतरराष्ट्रीय संगठनों और विश्व नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर से संबंधित भारत के निर्णय का समर्थन किया है सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि किसानों गरीबों मजदूरों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं उन्होंने कहा कि पारदर्शिता को बढावा देने के लिए अनेक भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से हटाया गया है उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है श्री जावड़ेकर ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वर्ष दो हजार पच्चीस तक पचास खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा इस अवसर पर उन्होंने सरकार के सौ दिन पूरे होने पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शुरू किए गए मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से चौदह से साठ वर्ष तक आय के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि यह नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा आज विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश की एक चौथाई आबादी को साक्षर बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है

इस विषय पर मैं प्रदेश की साक्षर और सक्षम जनता से अपील करता हूं कि वे अपना योगदान देने के लिए हरदम तैयार रहें

इसके तहत बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का विस्तार किया गया है

नियमित होने से वेतन विसंगति का मामला भी हल हो जाएगा जो छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी उसका समाधान भी होता रहेगा आप लोगों को कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी

व्यापम द्वारा परीक्षा ली जा चुकी है परिणाम आते ही यह कार्य आगे बढ़ाया जाएगा मैं आप सब से आग्रह करता हूँ कि अब अपना सौ प्रतिशत योगदान देकर बच्चों का भविष्य बनाने में जुट जाएं श्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है कॉलेजों में डेढ़ हजार प्राध्यापकों की भर्ती होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता का विकास और प्रोत्साहन सबसे बड़ी प्राथमिकता है युवाओं के साथ प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के मोर्चे पर बड़े अभियान प्रारंभ किए जाएंगे अंतागढ़ उप चुनाव चर्चित अंतागढ़ टेपकांड को लेकर भाजपा नेता मंत्राम पवार ने कल रायपुर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज श्रीवास्तव के सामने अपना बयान दर्ज कराया श्री पवार ने आरोप लगाया कि अंतागढ़ उप चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में वर्ष दो हजार चौदह में नाम वापस लेने के लिए साढ़े सात करोड़ रूपये की डील हुई लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला उन्होंने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मंत्री राजेश मूणत और पूर्व विधायक अमित जोगी का नाम लिया इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंतूराम पवार के बयान को राजनीतिक षड़यंत्र बताया है उन्होंने कहा कि यह बयान दंतेवाड़ा उप चुनाव को प्रभावित करने के लिए दिया गया है डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतागढ़ टेपकांड से उनका कोई लेना देना नहीं है इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा श्री बघेल ने ट्वीट किया कि अंतागढ़ उप चुनाव धांधली के बारे में कांग्रेस के आरोप सही साबित हुए हैं उधर पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने मंतुराम पवार के अनुरोध पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं जानकारी के मुताबिक श्री पवार की सुरक्षा में रायपुर स्थित उनके घर के बाहर सात जवानों को तैनात किया गया है वहीं पखांजूर स्थित उनके निवास और पाल नदी के पास स्थित उनके पेट्रोल पम्प में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा बातों बातों में के तहत आज रात साढ़े आठ बजे से किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मुख्य समारोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में रायपूर के मेडिकल कॉलेज सभागृह में आयोजित किया गया इस अवसर पर श्री बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ई एजुकेटर्स और डिजिटल नवसाक्षरों को आखर सम्मान प्रदान किया साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश में आज से आगामी चौदह सितम्बर तक साक्षर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है बारिश प्रदेश में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर राजनांदगांव जांजगीर चांपा धमतरी और कवर्धा सहित कई शहरों की निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर जाने से आम जन जीवन पर असर पड़ा है हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेशभर की कई बड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर क्षेत्र में महानदी का जलस्तर बढ़ गया है उधर राजनांदगांव में शिवनाथ नदी भी उफान पर है मुसलाधार बारिश से बालोद के पास स्थित तांदुला जलाशय का जलस्तर बढ़ने लगा है नदी नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ है कबीरधाम जिले में नदी पार करते समय एक महिला की मौत हो गई वहीं पच्चीस अन्य लोगों को बंचा लिया गया

दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है वहीं बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के दुंडरी कोरकोटी नाले में दो लड़कियां बह गईं इनमें से एक लड़की की मौत हो गई जबकि दूसरी लकड़ी को गंभीर हालत में नाले से बाहर निकाला गया मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी ओडिशा और आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसके प्रभाव से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है आगामी चौबीस घंटों के दौरान रायपुर बिलासपुर जांजगीर चांपा सहित एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है दंतेवाड़ा उप चुनाव दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन कल किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया रिटर्निंग अधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने सभी नौ उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है गौरतलब है कि दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए आगामी तेईस सितंबर को मतदान होगा शहीद विनोद चौबे न्यायिक जांच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष दो हजार नौ में राजनांदगांव जिले के मदनवाडा के पास हए माओवादी हमले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है कल बिलासप्र में शहीद विनोद चौबे की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा यह समिति जांच के बिंदु तय करेगी और इसकी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगी गौरतलब है कि इस माओवादी हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे सहित उनतीस जवान शहीद हो गए थे एक्स रे मशीन लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में कैंसर मरीजों के लिए अत्याध्रनिक एक्स रे जांच मशीन डिजिटल रेडियोग्राफी डीआर सिस्टम का लोकार्पण किया डेढ़ करोड़ रूपये की लागत से स्थापित डीआर सिस्टम मशीन से मरीजों की जांच उच्च ग्रणवत्तापरख के साथ कम समय में की जा सकेगी इससे एक घंटे में करीब सौ एक्स रे लिए जा सकते हैं मरीज का एक्स रे करने के बाद कम्प्यूटर स्क्रीन पर ईमेज तुरंत दिखाई देगी जिससे समय की बचत भी होगी संक्षिप्त समाचार द्र्ग निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस की समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है इस कारण आज से दर्ग से निजामुद्दीन तक यात्रा करने वाले यात्रियों के यात्रा समय में दो घंटे पांच मिनट की बचत होगी राज्य सरकार ने डीकेएस सुपर स्पेशलियिटी अस्पताल के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम गठित की है